उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन के पहले सेट को प्राधिकृत करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है उन्होंने पहले चरण में लगभग तीस करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक त्वरित टीकाकरण अभियान की आवश्यकता पर भी बल दिया राज्य सरकार जनजातीय पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों के संतुलित व सर्वागीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में भरमौर के विधायक जियालाल कपूर की अध्यक्षता में पांगी भरमौर के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि पांगी भरमौर क्षेत्र प्रदेश का सबसे दुर्गम इलाका है और सरकार विकास की दृष्टि से इसे विशेष महत्व दे रही है

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कुरूक्षेत्र में ब्रहम सरोवर पूजन में भाग लेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री अर्न्तराष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारम्भ भी करेंगे

अमर उजाला का शीर्षक है मतदाता सूचियां तैयार एक दो दिन बाद हो सकता है पंचायत चुनाव का एलान

पंजाब केसरी की सुर्खी है किसमस नववर्ष में पर्यटकों को नियन्त्रित करने के लिए बनेगी कार्य योजना अजीत समाचार ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है किसमस व न्यू ईयर कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंधों में ढील देने पर मंत्रिमंडल की बैठक में होगा विचार आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है हिमाचल में उद्योंगों के विकास के लिए अनुकूल माहौल दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है सीएम ने मांगा बल्क ड्रग पार्क

मौसम पर आपका फैसला का शीर्षक है प्रदेश में ठंड का थर्ड डिग्री टॉर्चर चंद्रभागा नदी जमी

हिमाचल दस्तक का शीर्षक है सोलन के बाद मंडी का तापमान भी माइनस में